मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सरकार खेल और उसके लिये पर्याप्त मैदान उपलब्ध कराने के लिये है संकल्पित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने देश में कोविड महामारी के दौरान बहुत कम समय में एक मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तैयार किया है स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में आयोजित एक वेबिनार में कल श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में दुनिया का विश्वास एक नए स्तर पर पहुंच गया है बीता वर्ष एक तरह से देश के लिए दुनिया के लिए पूरी मानव जाति के लिए और खासकर के हेल्थ सेक्टर के लिए एक प्रकार से अग्नि परीक्षा की तरह रहा है मुझे खुशी है कि आप समी देश का हेल्थ सेक्टर इस अग्नि परीक्षा में हम सफल हुए हैं अनेकों की जिंदगी बचाने में हम कामयाब रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट में अभूतपूर्व आवंटन किया गया है जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार प्रत्येक देशवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है हम पार्लियामेंट में तो चर्चो करते हैं पहली बार बजट की चर्चा संबंधित लोगों से हम कर रहे हैं बजट की पूर्व चर्चा करते हैं तब सुझाव की होती हैं बजट के बाद चर्चा करते हैं तब समाघान की होती हैं और इसलिए आइए हम मिल करके समाधान निकालें हम मिल करके बहुत तेज गति से आगे बढ़ें और हम सब मिल करके चलें सरकार और आप अलग नहीं हैं श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी जैसी रिथिति से भविष्य में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करना आवश्यक है उन्होंने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्र के समन्वित प्रयासों से कोरोना जांच के लिए प्रयोगशालाओं का व्यापक नेटवर्क तैयार किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढाया है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर सत्तर हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश में मजबूत स्वास्थ्य ढांचा तंत्र तैयार होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को स्वस्थ रखने के लिए चार मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है श्री मोदी ने कहा कि भारत ने वर्ष दो हजार पच्चीस तक देश से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की नजरें भी भारत की ओर हैं विश्व स्वास्थ्य सेंटर डब्ल्यू एच ओ भारत में अपना ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशन्ल मेडिसिन भी शुरू करने जा रहा है ऑलरेडी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है भारत सरकार उसकी प्रक्रिया भी कर रही है ये जो मान सम्मान मिला है इसको हमें दुनिया तक पहुंचाना हमारा दायित्व बनता है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत में दुनियाभर से विद्यार्थियों के आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति करने में भी भारत सक्षमता की ओर बढ रहा है विधानसभा में कल प्रश्नप्रहर के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रही जहां विपक्ष ने सरकार को घेरने का प्रयास किया वहीं सत्तापक्ष ने विकास कार्यो का उल्लेख कर विपक्ष को इसका सही जवाब दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में कहा कि सरकार खेल और उसके लिये पर्याप्त मैदान उपलब्ध कराने के लिये संकल्पित है उन्होंने कहा कि अपनी वचनबद्धता के मददेनजर सरकार ने भू माफियाओं और दबंगों के हाथों में फंसी सड़सठ हजार हेक्टेयर भूमि को खाली कराया है एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हजारों ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान के लिये जगह आरक्षित कर ली गई है और इन मैदानों का उपयोग गांवों में सार्वजनिक उपयोग के लिये भी किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायत और ब्लाक में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के पास खेल के मैदान उपलब्ध हो इसका प्रबंध किया गया है मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में हजारों युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों का गठन करके उन्हें स्पोर्टकिट दी गई है जिससे खेलों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और आत्म सम्मान सुनिश्चित करने के लिये कटिबद्द है और मिशन शक्ति इसी उद्देश्य से लागू किया गया था उन्होंने निर्देश दिया कि आगामी आठ मार्च को अतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इसको लेकर मिशन शक्ति के अन्तर्गत आयोजन छब्बीस फरवरी से ही शुरू कर दिये जाये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में मिशन शक्ति प्रगति और इसके द्वितीय चरण की समीक्षा कर रहे थे गौरतलब है कि सत्रह अक्टूबर से राज्य में छह महीने का विशेष मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा हैं इसमें चौबीस विमागों द्वारा संचालित कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य किया जा रहा है पिछले वर्ष शारदीय नवरात्रि में शुरू हुआ यह अभियान इस वर्ष वासंतिक नवरात्रि तक चलेगा मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण और कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं के अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित दसवाँ दीक्षांत समारोह में कल प्रदेश की राजयपाल आनंदीबेन पटेल ने एक सौ अट्ठाईस छात्र छात्रों को उपाधि प्रदान की राज्यपाल ने विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि समाज में प्रचलित क्रीतियों एवं क्प्रथाओं को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निमायें युवा देश को उच्चतम ऊचाँइयों तक पहुंचाने में योगदान करें उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र का दायित्व है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन कर्मनिष्ठा से करें क्लाधिपति ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय किसानों एवं पशुपालकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार हेतु संकल्पित हैं प्रदेश सरकार जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा विकसित करने की योजना बना रही है

अयोध्या के इस हवाई अड्डे को बाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर विकसित किया जाएगा बजट पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि अलीगढ़ मुरादाबाद मेरठ जैसे शहरों को भी जल्दी ही हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा

भगवान बुद्व की महापरिनिर्वाण स्थली कृशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन डीजीसीए ने लाइसेंस जारी कर दिया है अब इस एयरपोर्ट से देश विदेश में उड़ान का रास्ता साफ हो गया है कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दूबे ने बताया कि कल नई दिल्ली में एयरपोर्ट निदेशक एके द्विवेदी ने डीजीसीए डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार से लाइसेंस प्राप्त किया उम्मीद है कि अप्रैल माह से कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो जाएंगी राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक सौ आठ नये मामले आये इस समय यहां कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या दो हजार दो सौ अड़सठ है जिनमें से पांच सौ अट्ठासी लोग होम आइसोलेशन में रह रहे है प्रदेश में अब तक तीन करोड़ छह लाख उन्हत्तर हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में दो सौ दो कोरोना मरीज ठीक हुए है और कोरोना से स्वस्थ होने की दर अट्ठानवे दशमलव एक आठ प्रतिशत हो गई है राज्य में टीकाकरण का कार्य तेजी से जारी है और अब तक बारह लाख तिहत्तर हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति कर्मियों का टीकाकरण किया गया है मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेस वे पर बीती देर रात एक सड़क दुर्घटना में सात लोगों की मृत्यु हो गई सभी मृतक हरियाणा के जींद जिले के रहने वाले हैं पुलिस ने बताया कि दुर्घटना नौहझील थाना क्षेत्र के माइलस्टोन अड़सठ के समीप उस समय हुई जब एक टैंकर अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ता हुआ सड़क के दूसरी ओर जा रही कार से जा टकराया दुर्घटना में कार सवार सात लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई घटना की सूचना मिलतें ही पुलिस और यमुना एक्सप्रेस वे प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंच गई जिलाधिकारी और एसएसपी ने भी दुर्घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया